बिहार में शुरू हो रही इन परियोजनाओं में पारादीप हल्दिया दुर्गापुर गैस पाइप लाइन संवर्धन परियोजना पूर्वी चम्पारन और बांका में रसोई गैस भरने वाले दो संयंत्रों की स्थापना की परियोजनाए शामिल हैं ये परियोजनाए रसोई गैस की बढ़ती मांगों को पूरी करने में सहायक होंगी देशभर के मेडिकल कॉलेज में प्रवेश के लिए संयुक्त पात्रता और प्रवेश परीक्षा नीट आज आयोजित की जा रही है यह परीक्षा एक पारी में दोपहर दो बजे से शाम पांच बजे तक होगी कोविड संकमण से बचाव के सभी ऐहतियाती उपायों के बीच ये परीक्षा करवाई जा रही है

प्रदेश के बीकानेर जिले में भी इस परीक्षा के लिए केन्द्र बनाए गए हैं

राजस्थान रोडवेज ने नीट परीक्षार्थियों के लिये रोडवेज बसों में कल तक निशुल्क यात्रा की सुविधा दी है इसके लिये परीक्षार्थियों को अपना प्रवेश पत्र दिखाना होगा केन्द्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने सभी परीक्षार्थियों को शुभकामनाएं देते हुए कहा है कि वे कोरोना गाइड लाइन का पालन करते हुए धैर्य और आत्मविश्वास के साथ परीक्षा दें

इसमें बताया गया है कि ठीक हए रोगियों में थकान बदन में दर्द खांसी गले में खराश सांस लेने में तकलीफ जैसे कई लक्षण दिखाई देना जारी रह सकता है इसमें कहा गया है कि ऐसे रोगियों की आगे की देखमाल और आरोग्य के लिए समग्र दृष्टिकोण अपनाना जरूरी है नियमावली में कहा गया है कि स्वस्थ हो रहे रोगियों को मास्क पहनने हाथों और सांस लेने संबंध स्वच्छता का ध्यान रखने और दूसरों के संपर्क में आते समय पर्याप्त दूरी बनाए रखने जैसे कोविड रोकथाम नियमों का पालन करते रहना चाहिए प्रोटोकोल में पर्याप्त मात्रा में गर्म पानी पीने और शरीर की रोग प्रतिरोग क्षमता बढ़ाने वाली आयुष दवाएं लेने को भी कहा गया है स्वास्थ्य ठीक रहे तो घर का सामान्य कामकाज और अपना पेशेवर कार्य चरणबद्व तरीके से शुरू किया जा सकता है कोविड से ठीक हुए रोगियों को डाक्टरी परामर्श से थोड़ा बहुत व्यायाम जैसे योगासन प्राणायाम और ध्यान जहां तक संभव हो करते रहना चाहिए महामारी से ठीक हो रहे रोगियों को ऐसा संतुलित पौष्टिक आहार लेना चाहिए जो ताजा बना हो और सुपाच्य हो उनके लिए पर्याप्त नींद और विश्राम करना भी जरूरी है उन्हें धूम्रपान और शराब पीने से बचना चाहिए प्रदेश में कोरोना संकमण के लगातार बढ़ते मामलों के बीच राहत की खबर यह है कि स्वास्थ्य विभाग के पुख्ता इंतजामों के चलते रिकवरी दर भी लगातार बढ़ रही है